प्रदेष में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत तरीके से मनाया गया राजधानी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री ने ध्वजारोहण कर प्रदेष की जनता से छत्तीसगढ़ के विजन दो हजार पच्चीस में भागीदार बनने का आव्हान किया

स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने की घोषणा की है बहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस पर ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है गरीबों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं योजना को आगे बढ़ाने के लिए पच्चीस सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लांच कर दिया जाएगा और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने गरीब और वंचित वर्गो को पांच लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का फैसला किया है इससे पचास करोड़ भारतीयों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि सेना में अल्पकालिक सेवा की महिला अधिकारियों को पुरुष सैन्य अधिकारियों की तरह स्थायी कमीशन के अवसर दिए जाएंगे महिला सुरक्षा के मुद्दे पर श्री मोदी र्ने कहा कि समाज और देश को दुष्कर्म की कुत्सित मानसिकता से मुक्त किए जाने की आवश्यकता है

आज सुबह राजधानी रायपुर सहित सभी जिलों में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों सामाजिक और धार्मिक संगठनों तथा राजनीतिक दलों की ओर से ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज तिरंगे को सलामी दी गई राज्यपाल बलरामजी दास टंडन के निधन की वजह से प्रदेष में सात दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है जिसके कारण सभी जिलों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाले पुरस्कार वितरण सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ध्वजारोहण किया उसके बाद उन्होंने पुलिस विषेष सषस्त्र बल होमगार्ड कर्क जवानों तथा राष्ट्रीय कैंडेट कोर एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना और भारत स्काउट्स तथा गाईड्स के विद्यार्थियों की संयुक्त परेड की सलामी ली इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेष की जनता से छत्तीसगढ़ के विजन दो हजार पच्चीस में भागीदार बनने का आव्हान किया उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार पच्चीस को जब यह राज्य अपनी रजत जयंती मनाएगा तब इसका सकल घरेलू उत्पाद आज से दोगुना होगा

विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल ने जिला मुख्यालय बलौदाबाजार में ध्वाजारोहण कर परेड की सलामी ली केन्द्रीय इस्पात राज्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिला मुख्यालय रायगढ़ में ध्वजारोहण किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया साथ ही विधानसभा परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विधानसभा सचिव चन्द्रशेखर गंगराडे ने ध्वजारोहण किया उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के संदेश का वाचन किया मंत्रालय में भी स्वतंत्रता दिवस सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव ऋचा शर्मा ने ध्वजारोहण किया राज्य में अन्य शासकीय और अर्द्व शासकीय संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस परंपरागत तरीके से मनाया गया आकाशवाणी केंद रायपुर में आज कार्यालय प्रमुख और उप निदेशक अभियांत्रिकी संजय कुमार मिश्रा ने ध्वजारोहण किया

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह दिवंगत राज्यपाल श्री टंडन की अन्त्येष्टि में शामिल होने कल चंडीगढ जाएंगे इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के सभी कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं गौरतलब है कि राज्यपाल बलरामजी दास टंडन का कल रायपुर में निधन हो गया था वे इंक्यानवे वर्ष के थे

श्रीमती पटेल ने आज राजभवन में एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम में प्रभारी राज्यपाल के रूप में शपथ ली छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कमार त्रिपाठी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हिंदी में ईश्वर के नाम पर शपथ ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और राज्य शासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के रायपुर पहुंचने पर माना स्थित स्वामी विवेकानंद विमानतल पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस अवसर पर मुख्य सचिव अजय सिंह और राज्यपाल के सचिव सुरेन्द्र जायसवाल उपस्थित थे एशियन गेम्स आकर्षी छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप को अट्ठारहवें एशियन गेम्स के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है इंडोनेशिया में अट्ठारह अगस्त से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में बैडमिंटन के मुकाबले उन्नीस से उनतीस अगस्त तक खेले जाएंगे भारतीय टीम टूर्नामेंट के लिए रवाना हो गई है आकर्षी को हाल में केंद्र सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत स्कॉलरशिप के लिए भी चुना गया है मौसम प्रदेश में मानसून की गतिविधियां पिछले एक दो दिनों से तेज हो गई हैं मौसम विभाग ने बस्तर संभाग के लिए रेड अलर्ट जारी किया है इस संभाग में अगले चौबीस घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है वहीं प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में भी एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है आज दोपहर बाद से राजधानी रायपुर में भी रूक रूककर तेज बारिश हो रही है

बारिश के कारण ओडिशा के सिमलीगुड़ा दामनजोड़ी में चट्टान पटरी में गिर गई है जिसके कारण इंस मार्ग की सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं इनमें किरंदुल विशाखापट्नम ट्रेन भी शामिल है वहीं रेलवे ट्रैक में पानी भरने के कारण जगदलपुर से दुर्ग आने वार्ली ट्रेन आज नहीं चली यह ट्रेन कल भी दुर्ग और जगदलपुर के बीच रद्द रहेगी विशाखापट्नम निजामुद्दीन ट्रेन बदले हुए मार्ग से चलेगी संक्षिप्त समाचार राजनांदगांव जिले के मोहला थाना क्षेत्र के मिसपी के नजदीक माओवादियों द्वारा किए गए बम विस्फोट में आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए दोनों जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है

राजनांदगांव जिले के सोमनी में कल शाम बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई राजधानी रायपुर में आमानाका और टाटीबंध के बीच उरकुरा सरोना बायपास रेलवे लाईन में रेलवे ओव्हरब्रिज के चौड़ीकरण कार्य की वजह से आगामी पंद्रह दिनों तक ओव्हरब्रिज पर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है